इनमें बालोद बलौदाबाजार बेमेतरा धमतरी गरियाबंद जांजगीर चांपा कवर्धा कोरबा महासमुंद मुंगेली और रायगढ़ जिला शामिल हैं इन जिलों में यह मॉकड़िल सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक हुआ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि मॉकड्रिल के दौरान को विन ऐप में एंट्री से लेकर वैक्सीन लगाने तक कितना समय लगा यह देखा गया यह मॉकड्रिल हर जिले के एक शहरी और एक ग्रामीण क्षेत्र में किया गया इस बीच टीकाकरण अभियान को लेकर आज रायपुर के पत्र सूचना कार्यालय और क्षेत्रीय आउटरिच ब्यूरो द्वारा एक वेबीनार का आयोजन किया गया इस अवसर पर रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने बताया कि भारत में जिन दो वैक्सीन को मंजूरी दी गई है वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उन्हें सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है उन्होंने कहा कि इन वैक्सीन को लेकर किसी को भी घबराने झिझकने या चिंता करने की जरूरत नहीं है श्री नागरकर ने यह भी कहा कि टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद भी कोरोना संक्रमण को लेकर चुनौतियां बनी रहेंगी इसलिए सभी को कोरोना संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करते रहना है इससे पहले वेबीनार की शुरूआत में पत्र सूचना कार्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक अभिषेक दयाल ने वेबीनार के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला

उन्होंने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को आश्वस्त किया कि हर व्यक्ति तक टीका पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए देश की शीत गृह अवसंरचना को पर्याप्त रूप से उन्नत किया गया है इसके लिए सीरिंज और अन्य जरूरी सामग्री को पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य मंत्रियों से अनुरोध किया कि वे वैक्सीन की सुरक्षा और उसके असर के बारे में चल रही अफवाहों और भ्रामक जानकारी के प्रति सतर्क रहें उन्होंने सोशल मीडिया पर टीके के दुष्प्रभावों के बारे में चल रही अफवाहों को आधारहीन बताया

उन्होंने आज चेन्नई में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को नेतृत्व में सरकार पोलियो की तरह ही कोविड का भी उन्मूलन करेगी डॉक्टर हर्षवर्धन कोविड टीकाकरण के पूर्वाभ्यास की तैयारियों की समीक्षा के लिए तमिलनाडु के दो दिन के दौरे पर आज चेन्नई पहुंचे उन्होंने बताया कि जब से केन्द्र सरकार ने कोविड संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठाये हैं संक्रमण के मामले काफी घट गये हैं और इससे होने वाली मौतों में भी कमी आई है श्रमिक पोर्टल ऐप राज्य सरकार प्रदेश के श्रमिकों के ऑनलाइन पंजीयन के लिए जल्द ही पोर्टल और मोबाइल ऐप की सुविधा शुरू करने जा रही है इस संबंध में श्रम मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने विभीगीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं इस सुविधा के शुरू होने पर प्रदेश के कामगारों को श्रम से जुड़ी जानकारी हासिल करने और पंजीयन कराने में आसानी होगी

इस मौके पर राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने सभी छात्र समुदायों से सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में अपना योगदान देने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपतियों और छात्र प्रदेश में एसडीजी के लक्ष्यों की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं एम्स रायपुर के निदेशक डॉक्टर नितिन नागरकर ने कहा कि वर्तमान में एम्स में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कर एसडीजी की अपेक्षा अनुसार राज्य के महिलाओं में रक्त की कमी को दूर करने और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर संजय पाटिल ने बताया कि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बायोफोर्टिफाइड प्रकार के अनाज विकसित किए हैं जिससे कुपोषण की समस्या कम करने में सहायता मिलेगी मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने राज्य सरकार की योजनाओं और उनके सतत् विकास लक्ष्यों की जानकारी दी इस वर्चुअल वेबीनार में प्रदेश के विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के कुलपति शिक्षकों सहित करीब साढ़े चार सौ प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया धान खरीदी प्रदेश में चालू खरीफ विपणन वर्ष में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य जारी है अब तक बासठ लाख मीटरिक टन से अधिक धान की खरीदी कर ली गई है इस दौरान प्रदेश के लगभग पंद्रह लाख उनचास हजार से अधिक किसानों ने धान बेचा है वहीं मिलरों द्वारा सोलह लाख दस हजार मीटरिक टन से ज्यादा धान का उठाव कर लिया गया है

इस बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने धान खरीदी पर प्रदेश कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे अभियान मेरा धान मेरा अभिमान को राजनीति से प्रेरित बताया है मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि किसानों को धान बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं इधर राज्य के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कल अंबिकापुर में धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने किसानों को धान खरीदी केन्द्रों में सभी सुविधाएं देने के निर्देश दिए श्री भगत ने धान को बारिश के पानी से बचाने के लिए तिरपाल की व्यवस्था करने को भी कहा खाद्य मंत्री ने नया राशन कार्ड बनाने और कार्ड में परिवार के किसी सदस्य के नाम जोड़ने या विलोपित करने या अन्य राशन कार्ड बनाने के लिए धान खरीदी पूर्ण होने के बाद विशेष शिविर लगाने के निर्देश भी दिए इस बीच भाजपा के जिला प्रभारी संतोष बाफना ने पत्रकारवार्ता में कहा कि भाजपा द्वारा आगामी तेरह जनवरी को विधानसभा स्तरीय प्रदर्शन किया जाएगा आज भिलाई में पत्रकारवार्ता के दौरान श्री बाफना ने राज्य सरकार पर धान खरीदी में अव्यवस्था का आरोप लगाया

यह परीक्षा तीन जुलाई को ऑनलाइन होगी इस वर्ष आईआईटी में प्रवेश के लिए बारहवीं कक्षा में न्यूनतम पचहत्तर प्रतिशत अंक पाने की अनिवार्यता में छूट दी गई है इस वर्ष यह परीक्षा आईआईटी खड़गपुर आयोजित करेगा बर्ड फ्लू भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने देश के विभिन्न प्रदेशों में बर्ड फ्लू के संक्रमण की खबरों को चिंताजनक बताते हुए राज्य सरकार और प्रदेशवासियों से ऐहतियात बरतने की अपील की है उन्होंने कहा कि समय रहते व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर इस बीमारी के फैलाव को रोकना जरूरी है श्री साय ने इस बात पर राहत जताई कि बर्ड फ्लू के संक्रमण से छत्तीसगढ़ अभी तक सुरक्षित है इस बीच रायपुर जिला प्रशासन ने जिले में बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए सभी विकासखंडों और शहर के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन कर दिया है

इसके लिए कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने विभिन्न अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है अभियान के दौरान कोरोना संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है

इधर जांजगीर चांपा जिले के शासकीय और निजी अस्पतालों में इलाज अब ई कार्ड के जरिए किया जाएगा जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज कराने पहुंच रहे मरीजों के लिए ई कार्ड निःशुल्क बनाया जा रहा है ई कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड अनिवार्य है गौरतलब है कि ई कार्ड धारक को अस्पताल में इलाज के लिए कोई भी अन्य दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी रेल मंडल माल ढुलाई बिलासपुर रेल मंडल अपने सर्वाधिक लदान करने वाले मंडलों में से एक होने के खिताब और पंरपरा को बरकरार रखने की ओर अग्रसर है आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में सात जनवरी तक बिलासपुर रेलमंडल द्वारा सौ मिलियन टन लदान के आंकड़े को पार कर कीर्तिमान स्थापित किया गया इस अवधि में कोयला लौह अयस्क सीमेंट स्टील खाद्यान्न रासायनिक खाद खनिज तेल और स्टील कारखानों के लिए कच्चे माल का लदान किया गया

इन तीनों छात्र छात्राओं को जयपुर के निजी मेडिकल कॉलेज में सरकारी खर्च पर प्रवेश दिलाया गया है इनके दाखिले के लिए दंतेवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा वर्तमान में एक करोड़ छत्तीस लाख रूपए से अधिक फीस जमा करा दी गई है गौरतलब है कि छात्र सुधीर कुमार रजक जयंत कुमार और छात्रा ऐश्वर्या नाग का तकनीकी त्रुटि के कारण एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए राज्य में हुई काउंसिलिंग में पंजीयन नहीं हो पाने के कारण मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने से वंचित रह गये थे जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा जिला प्रशासन को इन तीनों छात्रों को निजी मेडिकल कॉलेजों में सरकारी खर्चे पर प्रवेश दिलाने के निर्देश दिए थे स्लोगन प्रतियोगिता स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर जनसंपर्क विभाग द्वारा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ युवा विषय पर स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है अब तक लगभग नौ हजार पांच सौ लोगों ने ऑनलाइन पंजीयन करा लिया है स्लोगन स्व लिखित होना चाहिए भाषा छत्तीसगढी हिन्दी और अंग्रेजी होगी इस प्रतियोगिता के माध्यम से चयनित स्लोगन का उपयोग प्रचार प्रसार के लिए किया जा सकेगा सभी प्रतिभागियों को डिजिटल प्रमाण पत्र और सौ सर्वश्रेष्ठ स्लोगन को जनसंपर्क विभाग द्वारा एक एक हजार रूपए का पुरस्कार दिया जाएगा इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी आगामी दस जनवरी तक जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट में ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं मुख्यमंत्री प्रवास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल नौ जनवरी को बस्तर संभाग के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री इस दौरान नारायणपुर जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और करीब छियासी करोड़ रूपए की लागत के चालीस विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे साथ ही हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत स्व सहायता समूहों और किसानों को हाईब्रिड सब्जी बीज मिनीकिट का वितरण करेंगे लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की चौदहवीं कड़ी का प्रसारण परसों रविवार दस जनवरी को होगा मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार युवाओं से बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों और एफएम रेडियो के अलावा क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह साढ़े दस बजे से ग्यारह बजे तक किया जाएगा हादसा राजनादगांव जिले में बीते चौबीस घंटों के दौरान हुए अलग अलग हादसों में तीन बच्चों की मौत हो गई मिली जानकारी के अनुसार अंबागढ़ चौकी ब्लॉक के देववाड़वी गांव में बैल के हमले में दो वर्ष के बच्चे की मौत हो गई वहीं शहर के मोहड़ वार्ड में बिजली का पोल गिरने से दस वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई इधर मालवाहक की चपेट में आने से मोटर साइकिल सवार एक नाबालिग छात्रा की जान चली गई मौसम अब पेश है मौसम का हाल प्रदेश में दस जनवरी के बाद से फिर अच्छी ठंड पड़ने के आसार हैं इस दौरान रात के तापमान में कमी आएगी रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक एचपी चन्द्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पश्चिम विक्षोभ का असर खत्म होने से उत्तरी हवाएं प्रदेश में आएंगी इसके असर से प्रदेशभर में न्यूनतम तापमान में कमी आने की संभावना है

राजनांदगांव में दृष्टिहीनों के लिए आयोजित राज्य स्तरीय क्रिकेट स्पर्धा में जगदलपुर की टीम ने खिताब पर कब्जा किया जांजगीर चांपा जिले की नव गठित तहसील अड़भार में सत्रह पटवारी हल्के और तिरपन गांव शामिल होंगे कबीरधाम जिले के चिल्फी थाना अंतर्गत पुलिस ने ठगी करने के आरोप में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है इनके पास से पुलिस ने जेवर और दो बाईक बरामद किए हैं धमतरी जिले के नगरी थाना अंतर्गत पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से चीतल खाल और सींग बरामद किया है इसी जिले में नगर निगम आयुक्त ने आर्थिक अनियमितता बरतने के आरोप में सहायक राजस्व निरीक्षक को निलंबित कर दिया है